आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने करगिल युद्ध के समय लालकिले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के एक मंत्र की याद दिलाई थी उस समय अटल जी ने कहा था हम समी को याद है कि गाँधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुक्विया हो कि तुन्हें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में तोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जो रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी कार्णित ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण निर्णय तेने से पहले हम ये सोचे कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहाति दी थी श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निमाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले क्छ ग्रामीणों का जिक्र करते हए उनकी सराहना की साथियो कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देस को दिशा दिखाई है गांवो से स्थानीय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे है उन्होंने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहत बहत श्भकामनाएं दी प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात कार्यक्रम में कृछ प्रतिभावान बच्चों से बातचीत की उन्होंने इन बच्चों की रूवियों और सपनों के बारे में जाना श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से उस्मार सैफी से भी बातचीत की राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर शुर वीरों को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है यह दिवस उन्नीस सौ निन्यानबे में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने माँ भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भारतीय सेनाओं के साहस और दृढ निश्चय को नमन कर रहा है जिन्होंने उन्नीस सौ निन्यानवे में देश की रक्षा की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्वांजलि दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सभी देशवासी अपने अदम्य साहसी अमर शहीदों के बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ हमें भारतीय सेना के इन महान सपूतों के शौर्य त्याग और बलिदान का पृण्य स्मरण कराती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लेवल ट् के चिकित्सालय बनाये जाने की तैयारियों का निरीक्षण किया उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द चिकित्सालय तैयार कर रोगियों का उपचार शुरू किया जाए एम्स में पहले और दूसरे चरण में पचास पचास बिस्तरों वाले वार्ड बनाए जाने हैं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज सुबह जनपद के सहजनवा क्षेत्र में बाढग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने बाढ़ खण्ड व सिंचाई विमाग के अधिकारियों को बंघों को सुरक्षा और तटबंघों की निरन्तर निगरानी के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए

यह एक दिन में मिले कोविड मरीजों की सर्वाधिक संख्या है राज्य में इकतालीस हजार छः सौ इकतालीस मरीज अब तक बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और तेईस हजार नौ सौ इक्कीस रोगियों का उपचार चल रहा है अब तक एक हजार चार सौ छबीस लोगों की बीमारी से मृत्यु हई है उधर प्रदेश में कल इकहत्तर हजार आठ सौ इक्यासी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल अट्ठारह लाख चौतीस हजार दो सौ सत्तानबे नमूनों की जांच की जा चुकी है